कल छठे तवांग उत्सव का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में हाल के दिनों में देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या ढाई लाख से बढ़कर नौ लाख तक पहुंच गई है श्री खाण्डू ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही एक नई पर्यटन नीति लागू की जायेगी तवांग उत्सव की इस वर्ष की विषयवस्तु है पर्यावरण और प्रकृति कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिज्ञ भी मौजूद थे एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत मेघालय और उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक दलों ने अपने अपने राज्यों के पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किये

उनके मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये उनचासवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम रविवार को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा ये प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और डी डी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उसी समय प्रसारित किया जाएगा

हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा प्रादेशिक भाषाओं के प्रसारण शाम आठ बजे पुनः प्रसारित किए जाएगें

अपने संबोधन में राज्यपाल ने राज्य की समृद्ध परंपरा खासतौर पर सांस्कृति ललित कला एवं व्यंजनों को दर्शाती महोत्सव का आयोजन करने के लिए छात्रों एवं शिक्षकों की सराहना की उन्होंने कहा कि इस तरह के महोत्सव पर्यटकों को आकर्षिक करेगा जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा राज्यपाल ने छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार करने और राज्य तथा राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने को कहा उन्होंने हर एक छात्रों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए छह से चौदह वर्ष तक की सभी आयु के बच्चे स्कूल जाए को सुनिश्चित करने और अपने आस पास के वातावरण को साफ रखते हुए स्वच्छता अभियान में भाग लेने की सलाह दी उद्घाटन समारोह में कॉलेज छात्रों द्वारा राज्य की विभिन्न जनजातियों की परंपरा को दर्शाती रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया

अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि कैंसर की चुनौतियों को कम करने के लिए कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए उपाय एवं जागरुकता उत्पन्न करने पर जोर देना चाहिए श्री मिश्रा ने ऑनकोलोजिस्ट सहित सभी चिकित्सकों से वाच गार्ड बनकर संभावित कैंसर रोगोयों का पता लगाने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने एक ऎतिहासिक फैसले में कानूनी प्रावधानों के न होने से निजी कंपनियों द्वारा आधार के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था